विधानसभा में पूरक प्रश्नों को लेकर नई व्यवस्था के विरोध में भाजपा सदस्यों ने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाएगी

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार इन गांवों को मोबाइल फोन सेवा के दायरे में लाने के प्रयास कर रही है

वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि इस विधेयक में विंनिर्माण क्षेत्र की प्रगति के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सात कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स और वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देर्न और रिटर्न दाखिल को और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यक्ष करों से जुड़े सात कानूनों में संशोधन करने का सुझाव है वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष करों से जुड़े कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से नियमों के पालन और विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की पीठ ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है

प्रष्नकाल में वे ही भाजपा सदस्य उपस्थित रहे जिनके तारांकित प्रष्न लगे थे

वहीं विधायक कालीचरण सराफ ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक नई व्यवस्था बदली नहीं जाएगी तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा दूसरी ओर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संवाददाताओं से कहा कि व्यवस्था देना आसन का अधिकार है

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि नई नीति में नये पर्यटन सर्किटों को भी जोड़ा जाएगा श्री सिंह प्रश्नकाल में विधायक द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति में एडवेंचर पर्यटन ग्रामीण पर्यटन धार्मिक पर्यटन पुरातातविक पर्यटन और मिश्रित पर्यटन शामिल किया जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से केन्द्र को पर्यटन को बढावा देने के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है

शुन्य देषमलव नौ नौ एमएफ पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित मंचों पर राज्य का पक्ष मजबूती से रखते हुए मांग की जा रही है

उन्होंने बताया कि पोंग बांध के विस्थापितों में से जमीन आवंटन से शेष रहे विस्थापितों को जमीन आवंटन का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सकता

श्री मीणा ने प्रश्नकाल में एक तारांकित प्रष्न के जवाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने में किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है या कहीं निर्देशों की अवहेलना हो रही है या लापरवाही है तो इस तरह के मामलों की जांच करवाई जाएगी उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने से वंचित रह गए लोगों का नाम जोड़ा जाएगा

आयोग की सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि राज्य में नगरीय निकायों के उपच्चनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार कल इसके लिए लोकसूचना जारी की जाएगी

उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि समाज में कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से सम्पादित करने अपराध पर अंक्श लगाने और समाज को सुरक्षा का वातावरण देने में पुलिस की महती भूमिका होती है इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस युग में साइबर जगत में अपराध बढ़ रहे है सार्वजनिक उपक्रमों उद्योगों व्यावसायिक क्षेत्रों तथा देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों में साइबर विशेषज्ञों को आगे बढ़कर पहल करनी होगी

वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डूंगरपुर द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत आज कुलमीपुरा स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम हुए

हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता ने बताया कि एक रोडवेज बस के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत ढाई लाख रूपये बताई गई है

आज कोटा अजमेर टोंक जयपुर और बूंदी में छुटपुट बारिश हुई जयपुर में दिनभर बादल छाए रहे इससे लोगों को तेज उमस से राहत मिली